कमलनाथ के खिलाफ विवेक साहू को बनाया उम्मीदवार

सीधी से कांग्रेस के अजय सिंह राहल ने भरा नामाकंन पत्र

बच्चों को पिलायी जाएगी पोलियो दवा

इसमें मध्यप्रदेश की तीन हरियाणा से आठ ओडिसा से एक राजस्थान की चार उत्तरप्रदेश की चार पश्चिम बंगाल की एक और झारखंड की तीन सीटों पर नाम तय किये गये है पार्टी ने छिदवाडा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकलनाथ के खिलाफ नाथन शाह को मैदान में उतारा है वहीं देवास से महेन्द्र सोलंकी और ग्वालियर से विवेक शेजवलकर को अपना उम्मीदवार बनाया है उधर छिदवाडा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के सामने विवेक साह बंटी को टिकट दिया गया है भाजपा ने अभी भोपाल और इंदौर सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष है पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है सभी राजनैतिक दलो के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिसा के शोणितपुर छत्तीसगढ़ के बालोद में जनसभाएं की इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि मजबूत सरकार समय की मांग है ताकि देश में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके उन्होने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और आगामी चुनाव में भी उनकी पार्टी विजयी होकर पूर्ण बहमत से देश में सरकार बनाएगी

श्री राहुल गांधी आज उत्तराखंड में श्रीनगर में गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष खंडूरी के समर्थन में चुनाव रैली को सम्बोधित कर रहे थे श्री गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश की रक्षा में जान गंवाने वाले अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को शहीद का दर्जा देगी उधर असम में लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इन दोनों चरणों में दस सीटों के लिये वोट डाल जाएंगे और बाकी की चार सीटों के लिये तीसरे चरण मतदान होगा सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न मुद्दों पर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे है प्रदेश नामांकन सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहल ने आज अपना नामांकन पत्र भरा इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे

आज आठ नामांकन भरे गये

वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जहाजरानी मंत्री रह चुके हैं श्री सिन्हा ने भाजपा के टिकट पर दो बार बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वे दो बार राज्यंसभा के भी सदस्य रहे कांग्रेस महासचिव के सी वेण्गोपाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पटना साहिब से केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को टिकट दिया है श्री सिन्हा को पटना साहिब से टिकट मिलने की संभावना है मतदान संकल्प लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश में इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं खंडवा में आकाशवाणी की युववाणी टीम ने अपने कैम्पस कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया इसके तहत शासकीय पालीटेकनिक महाविद्यालय नया हरसूद के छात्रों से उनके शिक्षण कियाकलापों के बारे में बातचीत की और आगामी लोकसभा च्नावों में मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी वहीं उमरिया जिले के पाली में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गयी इस दौरान युवा मतदाताओं को शपथ दिलायी गयी

इस दौरान चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा इसमें भौतिक सत्यापन फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा मतदान केन्द्रों का भ्रमण तथा मतदाताओं को साउंड सिस्टम से मतदान अपराधों की जानकारी और मतदान जागरूकता के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी दी जाएगी उधर रीवा जिले में भी लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

शिवपुरी मुरैना भिंड गुना शाजापुर मंडला नरसिंहपुर धार रायसेन अशोकनगर सीहोर सहित प्रदेश के सभी जिलों से स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के विचारक श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा परिवार को शुभकामनाएं दी हैं

कार्यकम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में पीढी दर पीढी संस्कार स्थानांतरित होते रहते है यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और केन्द्र के साथ अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें है शहीद जवान छत्तीसगढ में शहीद हए भोपाल के सीआरपीएफ के जवान हरिशचन्द्र पाल का पार्थिव शरीर आज भोपाल लाया गया राजकीय सम्मान के साथ सुभाष विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया इससे पहले मध्यप्रदेश सशस्त्र बल द्वारा उन्हें सलामी दी गयी इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा पुलिस विभाग के आला अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे गौरतलब है कि शुक्रवार को छत्तीसगढ में धमतरी में नक्सलियों के हमले में श्री पाल शहीद हो गये थे

आज से भारतीय नववर्ष शुरू होगया है राजधानी भोपाल में सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिये श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा वहीं पवित्र नदियों के घांट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की इंदौर में गुड़ी पडवा पर्व की शुरूआत राजवाडा पर सूर्य को अर्ध्य देकर हुई इस मौके पर नगर के कई लोगों के साथ महाराष्ट्रीयन समाज की महिलाएं ने हल्दी कुमकुंम लगाकर एकद्सरे को बधाई दी सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहॅचने का सिलसिला जारी रहा यहां प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं वहीं आगरमालवा जिले में चैत्र नवरात्र की शुरूआत घट स्थापना के साथ हुई जिले के नरखेडा स्थित पीतांबरा सिद्दपीठ मां बगुलामुखी मंदिर सहित प्रमुख देवी मंदिरों में विशेष प्रजा अर्चना की गयी

विशेष चुनाव बुलेटिन आकाशवाणी भोपाल अपने श्रोताओं तक लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों को तुरन्त पहुंचाने के लिये विशेष चुनाव बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है

साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिये प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सम्यक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम पोलियो बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलायें